चारधाम परियोजन के अंतर्गत इस टनल क निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन ने किय है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह राव्रत ने कह है कि टनल बनने से न केवल चम्ब कस्बे में जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री क सफर भी आसाम होग इससे क्षेत्र को लोगों को बड़ी राहत मिलगी और वहां आर्थिक गतिविधियों में वृदधि होगी

इस सौगप्त के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के आभार व्यक्त किया

जिलाधिकप्री धीराजसिंह गर्ब्याप्र ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अन्पाक्रन में बाहर से आने वाले लोगों को सीमा पर क्वाप्रंटीन करने के लिए आठ ब्लॉक के लोगों को लक्ष्मणझूल और साम ब्लाक के लोगों को कोटदवार में संस्थागत क्वाप्रंटीन किया जाएगा जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के दो गांवों पाब्रो ब्लाक के पीपली और एकेश्वर ब्लाफ़ के सतपाली गांव को सील किया गया है इन गांवों में कोरोन पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां बाहरी व्यक्तियों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है

उपजिलाधिकप्री सीम विश्वकर्म के निर्देश पर झूठी अफवाह फैलामे पर मुकदम दर्ज किय गय है उप जिलाधिकारी ने बताया कि प्रवासियों के लिए बनाए गए सेंटरों में कहीं कहीं अभद्रता की शिकायतें मिल रही हैं

उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी अस्पतालों में कोरोन वॉरियर्स को मामकों के अन्रूप संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक स्रक्षाप्त्मक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं फिर भी अस्पताल अपने यहां काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की स्रक्ष स्निश्चित करने के लिए और प्रेरित होंगे

उन्होंने कहा कि समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार दवारा जारी दिशा निर्देशों की जामकप्री आमजन को होन जरूरी है पेयजल आपूर्ति मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह राम्रत ने गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिन स्थामों में पेयजल संकट रहता है उन्हें चिन्हित कर पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्थ की जपए उन्होंने कह कि हर घर नल से जल योजन को समयबद्धत से प्र किय जाम है इसके लिये जल निगम और जल संस्थान समन्वय से कार्य करें मौसम प्रदेश में लगाप्ता बढ़ रही गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है

देहराद्रन के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मॉनसून को लेकर तैयारियां श्रू कर दी गई है नगर निगम तहसील नगरप्लिकः और सिंचाई विभाग से जलभराम्र वाली जगहों की जामकारी जुटाई जः रही है